वरिष्ठ भाजपा नेता व केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सत्ता में आने पर राष्ट्रद्रोह कानून को बनाया जाएगा और सख्त कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने केंद्र पर जीएसटी को गलत तरीके से लागू करने का लगाया आरोप भूस्खलन के चलते चंबा पठानकोट मार्ग तीसरे दिन भी बाधित मलबे में दबे व्यक्ति की तलाश जारी

जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है प्रचार का कल अंतिम दिन है और शाम पांच बजे प्रचार का शोर थम जाएगा इसके बाद उम्मीदवार केवल घर घर जाकर ही प्रचार कर सकेंगे

राजनाथ सिंह भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सत्ता में आने पर भाजपा राष्ट्रद्रोह कानून को और सख्त बनाएगी कुल्लू में आज एक चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि भारत ने आज तक किसी भी देश की एक इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं किया है और यदि कोई हमें छेडेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा

उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले पांच वर्षो में महंगाई को नियंत्रण में रखा और डीबीटी से देश को एक लाख दस हजार करोड़ रुपए का लाभ हुआ केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी भाजपा की आर्थिक नीतियों की प्रशंसा कर रहा है मुख्यमंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को देश व प्रदेश में नेतृत्वविहीन और मुद्दाविहीन पार्टी करार दिया है वे आज शिमला जिले के नेरवा में पार्टी उम्मीदवार सुरेश कश्यप के पक्ष में एक चुनावी जनसभा में बोल रहे थे जयराम ठाक्र ने कहा कि मोदी सरकार ने उड़ी और पुलवामा हमलों के जवाब में सर्जिकल व एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने भ्रष्टाचार व आतंकवाद को खत्म करने की दृष्टि से ऐतिहासिक कार्य किए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार प्रदेश के बागवानों विशेषकर सेब उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए वचनबद्व है और भविष्य में भी बागवानों के हित में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे जयराम ठाक्र ने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के चढ़ियार और मंडी के नाचन में भी पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया बयान इधर शिमला से जारी एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की चारों सीटें ज्यादा बढ़त के साथ एक बार फिर भाजपा को मिल रही हैं उन्होंने कहा कि जनता जानती है कि केन्द्र व राज्य में भाजपा सरकार होने से प्रदेश के विकास को बल मिलेगा कांग्रेस प्रचार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज शिमला संसदीय क्षेत्र के डोडरा क्वार में चुनाव प्रचार किया उन्होंने केंद्र सरकार पर जांच एंजेसियों के कथित द्रूपयोग का आरोप लगाया और कहा कि प्रधानमंत्री ने कोई भी वायदा पूरा नहीं किया है वीरभद्र सिंह ने कहा कि देश में आर्थिक मंदी के चलते बेरोजगारी बढ़ी है और प्रदेश भाजपा सरकार भी जनआकांक्षाओं के अनुरूप खरी नहीं उतर पाई है बाद में उन्होंने रामपुर बुशैहर में भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की विधायक विक्रमादित्य सिंह सहित पार्टी के अन्य नेता भी प्रचार के दौरान मौजूद रहे

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने आज रैली की तैयारियों का जायज़ा लिया और पार्टी कार्यकर्ताओं को ज़रूरी दिशा निर्देश दिए धुमल वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में एक बार फिर भारी बहुमत से सरकार बनाएगी हमीरपुर में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्ष में देश में न कोई भ्रष्टाचार हआ है और न ही महंगाई बढ़ी है भारद्वाज भाजपा के वरिष्ठ नेता व शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सेब आयात शुल्क के मामले में कांग्रेस पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया है

भारद्वाज ने कहा कि भाजपा का प्रयास रहेगा कि सेब को विशेष श्रेणी उत्पाद में शामिल किया जाए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अनमने भाव से लोकसभा चुनाव लड़ रही है जबकि भाजपा पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरी है आजाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने भाजपा सरकार को महिला विरोधी बताया है शिमला में आज एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ का केवल प्रचार किया गया है और इस योजना के लिए आबंटित कुल बजट में से आधे से अधिक केवल प्रचार पर खर्च हुआ है

उन्होंने जीएसटी को भी गलत तरीके से लागू करने का आरोप लगाया

सत्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने पिछले पांच वर्षो में जनकल्याण के लिए अनेक नई योजनाएं शुरू की हैं ऊना में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस अवधि में देश में हर क्षेत्र में अधोसरंचना को मजबूती दी गई है भाजपा सांसद हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हारी हई लड़ाई लड़ रही है और हताशा में सेना के शौर्य व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईमानदार नेतृत्व पर सवाल उठा रही है हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जनसभा से आम लोग दूरी बनाए हुए हैं जिससे कांग्रेसी नेता हताश हैं दूसरी ओर मंडी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा ने आज मंडी सदर और बल्ह क्षेत्र में कई नुक्कड़ जनसभाएं कीं उन्होंने कहा कि पंडित सुखराम व उनके परिवार के लिए केवल परिवारवाद सर्वोपरि है और उनका उद्देश्य केवल अपना हित साधना है कश्यप भारद्वाज भाजपा नेता व निवर्तमान सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा है कि विपक्षी दलों के पास चुनाव में कोई नीति नीयत और नेता नहीं है सोलन में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए चुनाव लड़ रहा है लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है उधर चम्बा में पत्रकार वार्ता में प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष राजीव भारद्वाज ने कहा कि प्रचार के दौरान पार्टी को भरपूर जनसमर्थन मिल रहा है आश्रय मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा ने आज आनी और रामपुर विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया उन्होंने भाजपा के निवर्तमान सांसद रामस्वरूप शर्मा पर क्षेत्र के लोगों की अनदेखी करने और विकास कार्य करवाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया आश्रय शर्मा ने क्षेत्र के विकास को अपनी प्राथमिकता बताया भूखखलन चम्बा जिले में मंगला के समीप हुए भूस्खलन से चम्बा पठानकोट मार्ग आज तीसरे दिन भी बाधित है भूस्खलन की चपेट में आई मशीन और इसके ऑप्रेटर का भी अभी तक सुराग नहीं मिल पाया है बीती रात और आज भारी वर्षा के बावजूद मलबा हटाने का कार्य जारी रहा इस कार्य में एनडीआरएफ के जवान भी सहयोग दे रहे हैं मार्ग अवरूद्ध होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है और बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं

जिला निर्वाचन अधिकारी ऋग्वेद ठाकुर ने आज मंडी में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पोलिंग पार्टियां कल अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी